उन्होंने कहा कि इसके लिये प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वावलम्बी बनाने का कार्य किया जा रहा है मुख्यमत्री ने आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त को सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने एफपीओ स्थापित करने का निर्देश देते हुये कहा कि इसके लिये कृषि विभाग सक्रियता से कार्य करे उन्होंने कहा कि शीतलहर की दृष्टि से सभी जरूरतमंदों को कम्बल वितरित किये जायें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए यदि कोई खुले में सोता दिखे तो उसे तत्काल रैन बसेरे तक पहुंचाया जाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के भण्डारण के लिये सभी जिलों में कोल्ड चेन स्थापित की जायेगी आज लखनऊ स्थित अपने आवास पर आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोविड नाइन्टीन वैक्सीन के भण्डारण के लिये पूरी तत्परता से कार्य कर रही है लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वैक्सीन भण्डारण क्षमता को पन्द्रह दिसम्बर तक बढ़ाकर दो लाख तीस हजार लीटर करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा तथा अपर मुख्य सचिव गृह को टीम बना कर वैक्सीन भण्डारण की सुरक्षा के प्रबंध का निर्देश दिया है नये कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान नेता बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं श्री तोमर ने आशा व्यक्त की कि किसानों का विरोध प्रदर्शन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी

उन्होंने अपने प्रतिद्वन्दी निर्दलीय प्रत्याशी कान्ति सिंह को छः हजार चार सौ तीन वोटों से हरा दिया है अवनीश कुमार सिंह को उन्तालिस हजार पांच सौ अट्ठासी वोट मिले जबकि कान्ति सिंह को तैंतीस हजार एक सौ पचासी वोट ही हासिल हो सके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में साढे ग्यारह बजे वर्यअल माध्यम से आगरा मेट्रो के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे आगरा मेट्रो परियोजना में दो कॉरिडोर शामिल होंगे जिनकी लम्बाई उन्तीस किलोमीटर से अधिक होगी यह मेट्रो ताजमहल आंगरा फोर्ट और सिकन्दरा जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों से जोड़ेगी इस परियोजना को आठ हजार तीन सौ उन्यासी करोड़ रुपये की लागत से पांच वर्ष में पूरा किया जाएगा

इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरूद्व संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है पिछले नौ दिन से नये संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है अब तक इक्यानबे लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं राष्ट्र आज भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के चौंसठवें महा परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है इस अवसर पर देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित की है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज चेन्नई में राजभवन में एक सादे समारोह में श्रद्वांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्वांजलि दी जौनपुर जिले के जलालपुर क्षेत्र में कल देर रात हुयी एक दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि कल रात चारपहिया वाहन पर सवार कुछ लोग वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वाराणसी वापस लौट रहे थे कि असबरनपुर गांव के निकट जौनपुर की ओर से एक तेज रफ्तार बस से उसकी टक्कर हो गयी